राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रममतदाताओं को बताई वोट की अहमियत

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम सात बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को करेंगे संबोधित

आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्थानीय पौष्टिक उत्पाद दिए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने आज जीपीएफ ऑन लाइन सेवा का शुभारंभ भी किया आज मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने इससे संबंधित एप भी लॉन्च किया

इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है इस दौरान प्रदेशभर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को वोट की अहमियत बताई गई देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष निर्भीक मतदान की शपथ दिलायी वहीं हल्द्वानी में हुए कार्यक्रम में शतकवीर मतदाताओं के साथ ही नये मतदाताओं को सम्मानित किया गया अल्मोड़ा में प्रभात फेरी के माध्यम से स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने मतदान करने की अपील की इस दौरान क्रॉस कंट्री रेस नुक्कड़ नाटक सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रैली का शुभारम्भ किया रैली में स्कूली बच्चों अधिकारियों स्थानीय लोगों और डायट के प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि बारिश होने के बावजूद भी लोगों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया

नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए और वोट के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें शपथ दिलाई गई इसके साथ ही स्वीप कार्यक्रम के तहत माउन्टेन बाइकिंग फॉर फन राइडिंग साईकिल रेस का भी आयोजन किया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बागेश्वर में भी कई कार्यक्रम हुए जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मतदाता महोत्सव के रूप में मनाया गया विभिन्न विद्यालयों में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई इसके सांथ ही साईकिल रैली क्रॉस कंट्री रेस के जरिए मतदान के प्रति जनता को जागरूक किया गया चमोली में जिलाधिकारी ने नए मतदाताओं को सम्मानित किया इस दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत पतंग प्रतियोगिता क्वीज प्रतियोगिता नाटक व सांस्कृतिक लोक गीतों के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया इस मौके पर स्वीप के वक्ताओं ने कहा कि मतदान के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा इसके अलावा रुद्रप्रयाग हरिद्वार टिहरी समेत अन्य सभी जिलों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया

उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई चारधाम सहित हेमकुंड साहिब ग्वालदम जोशीमठ रामणी औली रुद्रनाथ रूपकुंड मसूरी धनोल्टी सहित टिहरी उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों और नैनीताल चंपावत बागेश्वर सहित कुमाऊं मंडल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है बर्फबारी का जहां सैलानियों ने लुत्फ उठाया वहीं स्थानीय लोगों के लिए कई समस्याएं खड़ी हो गई

साथ ही पानी की लाइन जमने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से भी लोग परेशान रहे वहीं राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई

जिसे आज शाम सात बजे आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति का भाषण पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा दूरदर्शन पर भाषण के हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा स्लग अनासक्ति आश्रम कल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में उत्तराखंड की झांकी में अनासक्ति आश्रम को शामिल किया गया है कौसानी स्थित अनासक्ति आश्रम से महात्मा गांधी की यादें जुड़ी हैं इस झांकी के माध्यम से महात्मा गांधी के उन दिनों को याद किया जाएगा जो उन्होंने उत्तराखंड में बिताए

उन्होंने कौसानी का भ्रमण किया था व इसी स्थान पर उन्होंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी थी सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सनवाल का कहना है कि ये देवभूमि के लिए गर्व का विषय है

इस आश्रम का संचालन गांधी स्मारक निधि द्वारा किया जाता है आश्रम को पुस्तकालय वाचनालय और प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है इस आश्रम में गांधी दर्शन पर शोधकर्ताओं दार्शनिकों और पर्यटकों के लिए ग्रन्थ भी उपलब्ध है बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने झांकी को लेकर खुशी जताई है

विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस महानिरीक्षक पुष्पक ज्योति को राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया जाएगा रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक श्रीधर प्रसाद बड़ोला नैनीताल के हीरा सिंह राणा प्रकाश चन्द्र शर्मा धनीराम आदित्य को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा वहीं वंशबहादुर यादव प्रेम सिंह और अर्जुन सिंह को सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक दिया जाएगा

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

नेल्सन मंडेला के बाद श्री रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे

आठ फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जायेगा